पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाएगी तेजा दशमी के अवसर पर आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर मेलो का आयोजन प्रदेश में मानसून का दौर कमजोर पड़ा लेकिन बिसलपुर बांध में अभी भी पानी की आवक जारी

आज रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान हरियाणा में काफी सफल रहा है मोदी ने कहा कि राज्य में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में काफी सुधार हुआ है और इसकी चर्चा देशभर में हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों से हरियाणा के लोगों को बहुत फायदा हुआ है

उन्होंने स्थानीय मेगा फूड पार्क की आधारशिला भी रखी

यह अपने आप में ऐक बड़ी बात है उन्होंने जानी मानी हस्तियों के ट्वीट संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कठिन परिश्रम और कार्य के प्रति समर्पण की बदौलत इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है और यह भविष्य में भी नई सफलताओं के मानदंड कायम करता रहेगा संयुक्त अरब अमारात की अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक मोहम्मद अल अहबाब ने कहा है कि भारत एक महान अंतरिक्ष शक्ति है उन्होंने कहा कि चन्द्रमा की सतह पर उतरने से कुछ ही सेकेंड पहले लैंडर विक्रम का धरती से संपर्क दूटना असफलता नहीं है बल्कि यह एक नया प्रयोग है उंधर अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि चन्द्रमा के दक्षिणी ध्र्व पर भारत का प्रयास सराहनीय है नासा ने कहा कि इस मिशन से उसे प्रेरणा मिली है और भविष्य में वह इसरो के साथ मिलकर सौर प्रणाली के आगे अन्वेषण के लिए उत्सुक है

आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और सदस्यों ने आज जयपुर में व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से चर्चा की सभी से चर्चा करने के बाद आयोग राज्य की समस्या और जरूरतों का आंकलन कर काम करेगा वित्त आयोग कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों के साथ बैठक करेगा वित्त आयोग के साथ बैठक के कारण कल जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व निर्धारित जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि हेरिटेज क्षेत्र में प्रदेश की विश्व में विशेष पहचान है उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की हेरिटेज संस्कृति न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है यही कारण है कि सरकार राजस्थानी लोक कला राजस्थानी नृत्य और राजस्थानी संस्कृति को पर्यटन की दृष्टि से विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है इसके लिए प्रदेश के चार जिलों का चयन किया गया है जिनमें जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर शामिल है गौरतलब है कि प्रदेश की हेरिटेज डेस्टिनेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कई होटल मालिक शामिल हुए

श्री बिडला आज कोटा में शिक्षा विकास मंच की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में बोल रहे थे इस कार्यक्रम में करीब ढाई हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे

बाद में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद असलम खान जम्मू कश्मीर के दादरवाल में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे

इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने आज जयपूर में एक जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी को माध्यम से वर्तमान समय की जीवनशैली के अनुरूप बिना किसी दुष्प्रभाव के इलाज संभव है उन्होंने कहा कि राज्य में फिजियोथेरेपी को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेंगे

इस बीच टोंक जिले के आवा गांव में आज पूर्व कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने युवाओं और महिलाओं के साथ पौधारोपण किया

तेजाजी की जन्म स्थली नागौर जिले के खरनाल में तेजाजी दशमी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है वीर तेजाजी के मन्दिर में सुबह से ही श्रद्दालुओं की भीड़ लगी रही

झालावाड़ जिले में तेजा दशमली पर तेजाजी के स्थानों पर श्रद्वालुओं की भीड़ लगी रही झालरापाटन में तेजाजी का मेला भरा ब्रंदी जिले में कई स्थानों पर तेजाजी के मेले लगे हिण्डौली में सात दिन का मेला शुरू हुआ सवाईमाघोपुर जिले में भी आज तेजा दशमी का पर्व पारम्परिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि मेले में लाखों की संख्या में पहुंचकर जातरूओं ने बाबा को धोक लगाई जातरूओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम किए गए

आज कई स्थानों पर केवल हल्की वर्षा या बूंदा बांदी ही हुई

बूंदी और झालावाड़ में में भी आज कुछ देर वर्षा का दौर चला वर्षा का दौर कमजोर पड़ने के बावजूद बिसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है

अच्छी बारिश के कारण शहर और आसपास की अन्य झीले भी लबालब हो गई है हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि यह माहौल पर्यटकों को बहुत रास रहा है और सभी झीलों के आसपास देशी विदेशी पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है

बाड़मेर जिले में पायला कलां के पास लूणी नदी में आज एक बालक की डूबने से मौत हो गई पर्यटन सीजन की शुरूआत के साथ आज पहली बार शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील जैसलमेर पहुंची पहले फेरे में आए पर्यटकों का परम्परागत रूप से ढोल नगाडो और माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने आज बताया कि प्ररक परीक्षा का परिणाम कल शाम को चार बजे घोषित किया जाएगा